इसके अलावा अतौरी के वनरक्षक भूपेन्द्र सिंह और गोपालपुर के परिक्षेत्र सहायक राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है वहीं बलरामपुर के डीएफओ प्रणव मिश्रा को हटाने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है गौरतलब है कि सरगुजा रेंज में पिछले पांच दिनों में तीन मादा हाथियों के शव मिले हैं पहली दो मौतें सूरजपुर जिले के प्रतापपुर रेंज इलाके में जबकि तीसरी मौत बलरामपुर जिले के राजपुर रेंज इलाके में हुई थी वहीं सूरजपुर जिले में अंबिकापुर बनारस मार्ग के पास हाथियों के दल ने एक युवक को कुचलकर मार डाला उधर कोरबा वनमंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम कडराडेरा में आज एक हाथी ग्रामीण के घर बाउंड् ीवॉल को तोड़कर घुस गया इसके बाद यह हाथी आंगन में ही अचानक अचेत होकर गिर गया इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई विभाग द्वारा हाथी को बचाने के लिए बचान अभियान शुरू कर दिया गया है हाथी की हालत गंभीर बनी हुई है कोरोना मरीज प्रदेश में आज कोरोना संक्र मित छह नए मरीजों की पुष्टि हुई है ये सभी मरीज रायगढ़ जिले से है वहीं बीती देर रात तक एक सौ पांच नए कोरोना संक्र मित मरीज मिले थे इनमें पंद्रह राजधानी रायपुर से हैं इसके अलावा कोरबा राजनांदगांव और बलौदाबाजार से तेरह तेरह बेमेतरा से ग्यारह दुर्ग से नौ महासमुंद और बिलासपुर से आठ आठ कबीरधाम से पांच जांजगीर चांपा तथा बलरामपुर से तीन तीन दंतेवाड़ा से दो और धमतरी तथा कोरिया से एक एक मरीजों की पुष्टि हुई है रायपुर में मिले मरीजों में दो एम्स रायपुर के हैं इनमें से एक हास्टल का वार्डन है जबकि दूसरा सं क्र मित मरीज सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज करवा रहा था इसके अलावा आमापारा की एक महिला भी कोरोना सं क्र मित पाई गई है रायपुर में अब कोरोना सं क्र मित मरीजों की संख्या एक सौ अट्ठाईस हो चुकी है वहीं प्रदेश में कोरोना सं क्र मितों की संख्या साढ़े पंद्रह सौ से पार हो चुकी है जबकि छह सौ पचास मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं उधर महासमुंद जिले में बीती देर रात तक आठ कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं ये सभी अन्य राज्यों से आए हुए हैं जिले में अब एक्टिव केस की संख्या बयालीस हो गई है इधर राजनांदगांव जिले में तेरह नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है इन सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि आज छह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इनमें पांच मरीज कबीरधाम और एक मरीज राजनांदगांव के हैं वहीं दुर्ग जिले से बीती देर रात तक नौ कोरोना संक्र भित मरीजों की पहचान की गई इनमें तीन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान शामिल हैं वहीं जिला कोविड अस्पताल से आज पंद्रह कोरोना सं क्र भित मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई इनमें महासमुंद जिले के बारह और बलौदाबाजार जिले के तीन मरीज शामिल हैं

मृतक महासमुंद जिले का रहने वाला था स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुतक व्यक्ति को लकवे की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस दौरान कोरोना टेस्ट में सं क्र मित पाए जाने के बाद उसे एम्स रायपुर शि पट किया गया जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई इस तरह प्रदेश में अब मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है इस बीच महासमुंद विकासखंड के प्राथमिक शाला रामपुर के क्वारेंटाइन सेंटर से फरार एक श्रमिक ने आत्महत्या कर ली है क्वारेंटाइन सेंटर के नोडल अधिकारी मोहनीश वैष्णव ने पटेवा थाने में श्रमिक के फरार होने की सूचना दी थी भाजपा वीडियो कॉन् फ्रें स सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज से प्रदेशभर में वीडियो कॉन् फ्रें सिंग सभा शुरू की गई हैं ये सभाएं आगामी बाईस जुन तक चलेंगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित कुशाभा ऊ ठाकरे स्मृति परिसर में पार्टी द्वारा आयोजित जिला जनसंवाद कार्य क्र म के तहत राजनांदगांव जिले में आयोजित वीडियो कॉन फ्रें सिंग सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में जितने ऐतिहासिक और क्र ा ंतिकारी काम हुए हैं वह पहले कभी नहीं हुए उन्होंने कहा कि नये भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएंगी उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की अपील की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत एक लाख सत्तर हजार करोड़ रूपये का पैकेज जारी करने और बीस लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज के माध्यम से कोरोना वायरस और लॉकडाउन से प्रभावितों की आर्थिक दशा के स्थायी सुधार के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय की सराहना की वीडियो कॉन् फ्रें सिंग सभा की शुरूआत कार्य क्र म के प्रदेश संयोजक राजेश मूणत के भाषण से हुई सभा को सांसद संतोष पांडेय और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने भी संबोधित किया

इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों की प्रवेश प्रशिक्र या तीस जून तक पूर्ण कर ली जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं श्री शुक्ला ने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था आगामी पंद्रह बीस दिनों में पूर्ण कर ली जाए जिससे जुलाई महीने से वर्चुअल क्लास शुरू की जा सके

कुछ दिनों से सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेज चल रहे हैं कि पीएम धन लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को केन्द्र सरकार द्वारा पांच लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा गलत है और केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है पीएमओ शिकायत निवारण कोरोना संकट के दौर में आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने में प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेष भूमिका निभाई है देश के किसी भी भाग से यदि किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी समस्या से अवगत कराया तो उसका त्वरित निराकरण करने की कोशिश की गई है इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के स्मृति नगर में रहने वाले अरविंद बैनर्जी ने बताया कि उनकी बेटी अनुश्री राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रही थी और लॉकडाउन के कारण वहां फंस गई थी उन्होंने जब प्रधानमंत्री कार्यालय को इससे अवगत कराया तो पीएमओ ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इसका हल निकाला तथा बसों के जरिये छत्तीसगढ़ के बच्चों को कोटा से उनके गृह राज्य लाया गया

मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों को सहयोग करने के आरोप में पुलिस ने जगत पुजारी और रमेश उसेंडी को गिर फ्तार किया है पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी पिछले दस वर्षो से माओवादियों को सामानों की आपूर्ति करते थे कल माओवादियों के लिए खरीदे गए दै क्टर के साथ जगत पुजारी और रमेश उसेंडी को गिर फ्तार किया गया पुलिस ने बताया कि इंद्रावती एरिया कमेटी के सदस्य अजय अलामी ने द्रै क्टर खरीदने के लिए रमेश उसेंडी को चार लाख रूपये दिए थे साथ ही उसे इस बात की जानकारी दी गई थी कि ट्रै क्टर खरीदने में जगत पुजारी उसका मदद करेगा पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रै क्टर को खरीदकर लाने के दौरान गिर पतार किया पूछताछ में एक आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह माओवादियों के लिए सामान की सप्लाई किया करता था मुख्यमंत्री संबोधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले आकाशवाणी और अन्य माध्यमों से प्रदेश के किसानों को संबोधित किया उन्होंने किसानों से अपील की कि आगामी उन्नीस तारीख तक गांवों में बैठक कर फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका की व्यवस्था कर लें

वैल्यू एडिशन से न केवल वनवासियों को लाभ होगा बल्कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों को भी अच्छा फायदा होगा वन्यजीव तस्करी महासमुंद जिले में पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पेंगुलिन की तस्करी करते हुए तीन लोगों को गिर पतार किया है इन आरोपियों को बलौदाबाजार मार्ग के पास ग्राम चनाट और दलदली के बीच पकड़ा गया इस दुर्लभ वन्यजीव की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रूपये होना बताया जा रहा है पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि इस वन्यजीव को बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य से पकड़ा गया है पेंगुलिन की उम्र तीन साल इसकी लंबाई चालीस इंच और वजन चौदह किलो है उन्होंने बताया कि गिर फ्तार तीन आरोपी इस वन्यजीव को बारनवापारा अभयारण्य से पकड़कर बेचने ले जा रहे थे इसी दौरान बसना पुलिस ने पेंगुलिन के साथ इन आरोपियों को गिर पतार किया आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है वन विभाग द्वारा मामले की जांच करने के बाद पेंगुलिन को जंगल सफारी रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है गृह मंत्री निर्देश गृह मंत्री ताम्रध्यज साहू ने जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत लक्षनपुर के पूर्व सरपंच तेजस यादव की हत्या के मामले को गंभीरता से लिया है उन्होंने पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर से चर्चा कर आरोपियों की शीघ्र गिर फ्तारी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि जनपद पंचायत बलौदा की जनपद सदस्य ज्योति यादव के पति की हत्या इस महीने की बारह तारीख को कर दी गई थी इस मामले में आज फरार सात आरोपियों को गिर फ्तार किया गया कल नौ लोगों की गिर फतारी हुई थी इस हत्याकांड में पच्चीस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है विश्व रक्तदान दिवस आज विष्व रक्तदान दिवस है इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्य क्र म आयोजित किए जा रहे हैं यह दिन सुरक्षित रक्त की आवष्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्तदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है विश्व रक्तदान दिवस पर धमतरी में दृष्टिबाधित अरविंद शर्मा ने रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने विभिन्न कार्य क्र म आयोजित किए जा रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दुर्ग के शासकीय डॉक्टर वावा पाटनकर कन्या महाविद्यालय और शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबीनार का आयोजन किया गया इस दौरान दोनों महाविद्यालय की छात्राओं ने आपस में जुड़कर एक दूसरे से अपने अपने राज्यों की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं रथयात्रा कोरोना वायरस सं क्र मण के मद्देनजर प्रदेश में इस बार रथयात्रा नहीं निकलेगी मंदिरों में पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न होगा धमतरी में जगदीश मंदिर ट्र स्ट के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्र म ण की रोकथाम के लिए शहर में इस बार रथयात्रा नहीं निकाली जाएगी पिछले अस्सी साल के दौरान यह पहली बार है जब धमतरी में रथयात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है उन्होंने बताया कि परंपरा के मुताबिक आज जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा का विधि विधान से स्नान कराया गया मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में कुछ स्थानों पर आगामी चौबीस घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून बस्तर और रायपुर से होते हुए बिलासपुर संभाग के पेण्ड् ा तथा अंबिकापुर तक पहुंच चुका है प्रदेश के रायपुर बालोद सरगुजा जशपुर बलरामपुर कोरिया कोरबा सूरजपुर बिलासपुर रायगढ़ बस्तर दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है